ऐसे मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक जाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत वोट देने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा

यह आवेदनपत्र चुनाव अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर चुनाव अधिकारी तक पहुंच जाने चाहिए आवेदन मिलने के बाद मतदाता को डाक मतपत्र जारी किया जाएगा वोट दर्ज कराए जाने के बाद डाक मतपत्र निर्दिष्ट केंद्र में जमा कराए जाएंगे निर्वाचन आयोग ने इन मतदाताओं के लिए बिना किसी बाधा के मतदान सुनिश्चित कराने की प्रतिबद्धता दोहराई केदारनाथ कपाट बंद विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज भाईदूज के अवसर पर शीतकाल के लिए बंद कर दिये गए

अब अगले छह महीने शीतकाल के दौरान बाबा केदार की पूजा अर्चना उनके गद्दीस्थल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में होगी आज सुबह चार बजे आम श्रद्वालुओं के दर्शनार्थ बाबा केदार के कपाट खोले गये जिसके बाद भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किये और बाबा का अभिषेक किया ठीक सात बजे से बाबा केदार के स्वयंभू लिंग को विभिन्न पूजा सामग्रियों से पूजा गया बाबा केदार की मूर्ति को पंचमुखी डोली में विराजमान किया गया जिसके बाद बाबा की डोली मंदिर के अंदर से बाहर आई और केदारनाथ मंदिर की एक परिक्रमा की इस दौरान हजारों श्रद्दालुओं की जयकारों के बीच केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद किये गये इस दौरान जम्मू कश्मीर लाईट इन्फेंट्री बैंड की धुनों से केदारनाथ नगरी गुंजायमान रही कपाट बंद होने के अवसर पर केदारनाथ धाम में श्रद्वालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा भक्त सुबह से ही बाबा के दर्शनों के लिये लाइन में लग गये थे लगभग दो हजार से भी अधिक भक्त बाबा केदार की पैदल डोली यात्रा के साथ चलने लगे आज बाबा केदार की डोली फाटा रामपुर में रात्रि प्रवास करेगी कल रात बाबा की डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी

जहां विधि विधान से बाबा केदार की पूजा अर्चना शुरू हो जायेगी

छह महीने तक मां यमुना के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास खरसाली में होंगे कपाट बंद होने के अवसर पर जिलाधिकारी आशीष चौहन सहित कई अधिकारी जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खुशीमठ से शनिदेव की डोली मां यमुना को लेने सुबह यमुनोत्री धाम पहुंची विधिवत पूजा अर्चना के बाद परंपरानुसार यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किये गए उसके बाद पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शनिदेव की डोली की अगुवाई में मां यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री से खरसाली के लिए रवाना हुई जिलाधिकारी ने मां यमुना की पूजा अर्चना कर जनपद की खुशहाली की कामना की इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नव निर्मित अतिथि गृह का लोकार्पण भी किया उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिले के दोनों धाम गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा सुगम और सुरक्षित संपन्न हुई बड़ी संख्या में देशी विदेशी तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं ने दोनों धाम के दर्शन किए चुनाव चमोली चमोली जिले में क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी हंसादत्त पांडे ने कहा कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के विभिन्न पदों के दावेदार किसी भी सदस्य को अपने पक्ष में जुटाने के लिए गुमराह न करें इसके लिए सभी सदस्यों के घरों पर निगरानी रखी जा रही है साथ ही होटलों और रेस्टोरेटों में भी छापेमारी की जा रही है उन्होंने कहा कि दावेदार द्वारा किसी भी नवनिर्वाचित सदस्य को धमकाने डराने या खरीद फरोख्त मामलों में संलिप्तता सामने आने पर निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सभी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी क्षेत्रों में राजस्व और पुलिस की टीमें गठित कर जांच के निर्देश जारी किए हैं राज्यपाल आईएएस अफसर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि उत्तराखण्ड विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है जहां की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में अधिकारियों को पता होना चाहिए

इस दौरान राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें देवभूमि की सेवा करने का अवसर मिला है राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि भविष्य में प्रदेश की जनता के समग्र कल्याणके लिए उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होने वाली है जिलाधिकारी विभागाध्यक्ष और शासन के अधिकारी के रूप में उन्हें विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करना है और उन्हें नई दिशा देनी है भाई दूज प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सो में आज भाईदूज का त्योहार परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक यह पर्व दीवाली के दो दिन बाद मनाया जाता है इस दिन बहनें भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं भाई भी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है अलग अलग जगहों पर इसे अलग तरीके से मनाया जाता है प्रदेश में भी भाईदूज पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पूरे दिन भाइयों और बहनों का एकदूसरे के घर जाने का सिलसिला जारी रहा जहां बहनों ने भाइयों को तिलक लगाया तो भाइयों ने उन्हें तोहफें दिये बहनों ने भाइयों के सिर में च्यूड़े आदि रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कुमाऊं क्षेत्र में भाईदूज के लिए च्यूडे तैयार करने की परंपरा है भाई दूज के अवसर पर बहनों से सुबह च्यूड़ों को सरसों के तेल के साथ देव मंदिरों में चढ़ाए इसके बाद बच्चों और भाइयों को च्यूड़े लगाए गए और उनके दीर्घायु की कामना की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भैयाद्रज के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों विशेष रूप से महिलाओं को बधाई दी राज्यपाल ने कहा कि यह उत्सव भाई बहन के प्रेम और स्नेह के साथ ही मातृ शक्ति के सम्मान का भी प्रतीक है

प्रदेश में भी इसकी तैयारियां की जा रही है चमोली के प्रभारी जिलाधिकारी हंसादत्त पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर जिला मुख्यालय में समाज के सभी वर्गो को शामिल करते हुए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा इस अवसर पर सभी कार्यालयों उपक्रमों और अन्य संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ ली जाएगी और सुरक्षा बलों द्वारा रस्मी परेड आयोजित कर सलामी दी जाएगी देश की सुरक्षा एकता और अखण्डता की समान रूप से प्रेरणा के लिए सरदार बल्लभ भाई पटेल की फोटो और संदेश कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा मौसम मौसम में बदलाव के चलते राज्यभर में न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार मैदान से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के बादल छाये रहने और उच्च हिमालयी क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है

इससे दिन में धूप के कारण तापमान स्थिर बना हुआ है वहीं धूप न होने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार इस दौरान हल्की हवाएं चलने से ठंड और बढ़ने के आसार हैं

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले सप्ताह में उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्के बादल छाये रहने की संभावना है वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है खनन नैनीताल नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि जिले में जल्द खनन कार्य शुरू हो जाएगा

नवम्बर के प्रथम सप्ताह में गोला नदी के सभी गेट खोल दिये जायेंगे

आदमखोर गुलदार पौड़ी जिले के श्रीनगर इलाके में आदमखोर घोषित एक गुलदार को ढेर कर दिया गया है आदमखोर गुलदार की मौत के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है

दो अन्य महिलाओं ने किसी तरह भागकर जान बचाई थी इसके अलावा कई अन्य लोगों को यह गुलदार अपना शिकार बना चुका था